पैसे का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी भी स्थापित की जायेगी

हर माह हर परिवार को दो लीटर तेल मिलेगा

उच्चमत न्यायालय ने कहा है कि जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों सहित अन्य समस्याओं पर विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायधीश की अध्यक्षता में समिति गठित की जायेगी जो इन समस्याओं का दूर करने बारे सुझाव देगी शीर्ष अदालत ने कहा कि जेल सुधार कमेटी में भी भारत सरकार के दो या तीन अधिकारी रखें जायेंगे जो देशभर क जेलों में महिला कैदियों सहित विभिन्न म्द्दों पर गौर करेंगे सर्वोच्च न्यायायलय अब इस मामले की अगली सुनवाई सत्रह अगस्त को करेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रम्ख आधारभूत क्षेत्रों बिजली नवीकरणीय ऊर्जा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कोयला और खनन की कल समीक्षा बैठक में जिसमे ब्नियादी ढांचे ज्ड़े नीति आयोग और प्रधानमंत्री के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे

प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से यह स्निश्चित करने को कहा कि सौर ऊर्जा क्षमता का लाभ किसानों तक पहंचे

कोयला क्षेत्र के उत्पादन बढ़ाने पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इण्डिया विजन को आगे बढ़ाते हए आज हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्य् ने बेहतर पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन के लिए ऑन लाइन पोर्टल का शुभारम्भ किया इस ऑनलाइन पोर्टल को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने वित्त विभाग के सहयोग से तैयार किया है पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों को अन्दान दिया जायेगा

चंडीगढ़ में ऑन लाइन पोर्टल का श्भारम्भ करने के उपरान्त एक पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जिसने यह अनूठी पहल की है कैप्टन अभिमन्य् ने बताया कि बजटीय लेन देन के ऑन लाइन लेनदेन से जहां एक ओर पारदर्शिता बढ़ेगी वहीं दूसरी ओर आहरण एवं वितरण अधिकारियों खजाना अधिकारियों व वित्त विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की कार्यक्शलता भी बढ़ेगी उन्होंने बताया कि भविष्य में सभी विभागों को अपने लेन देन का केवल एक ही बैंक खाता रखना होगा

उन्होंने बताया कि वित्त विभाग ने विभिन्न विभागों बोर्डों निगमों तथा स्वायत निकायों के बैंक खातों की जानकारी एकत्रित करने का कार्य श्रू कर दिया है

हरियाणा महिला विकास निगम बैंको से उन महिलाओं के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना लागू करेगा जिनकी वार्षिक आय डेढ़ लाख तक है तथा जिनमे पति आयकर दाता नहीं है

हरियाणा सरकार ने सरसों के फोर्टीफाईड तेल को पहली सितम्बर से जन वितरण प्रणाली के जरिये महीनें में दो लीटर हर परिवार देने का निर्णय किया है योजना के तहत श्रू में अम्बाला और करनाल जिले कवर किये जायेंगे

नीति आयोग के सदस्य डा विनोद कुमार पाल को लिखे एक पत्र में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के नागरिकों विशेषकर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में स्धार के लिए कृत संकल्प है इसलिये उनकी पोषण कर्मियों को दूर करना चाहती है म्ख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश ने जन वितरण के तहत दो हजार संत्रह में फोर्टीफाईड गेहं का आटा अम्बाला के दो खंडों में देना शुरू किया था

शहीद मेजर संदीप सांखला के बलिदान दिवस पर आज पंचक़्ला के सेक्टर दो स्थित उनके शहीद स्माकर पर श्रद्वाजंलि समारोह आयोजन हआ

शहीदों को गार्ड ऑफ होनर भी दिया गया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं टोहाना से विधायक स्भाष बराला ने फतेहाबाद के अमानी के लोगों को स्वच्छ जल की आपूर्ति के लिए तीन करोड़ बीस लाख रूपये की लगात से बननेवाले जलघर का आज शिलान्यास किया

साथ ही श्री बराला ने गांव में ही बनने वाली आधा दर्जन सड़कों का निर्माण का भी शिलान्यास किया

कल जम्मु कश्मीर के गुरेज सेक्टर मे आंतकवादियो के साथ मुठभेड़ में सीमा की रक्षा करते हुए शहीद हुए अम्बाला जिलो के गांव तेपला निवासी लांस नायक विक्रमजीत सिंह का पार्थिव देह आज शाम उनके पैतृक गांव पहंचने की उम्मीद है प्रशासनिक अधिकाररी शहीद के पार्थिव देह की गांव लाने के सैन्य अधिकारियो से सम्पर्क में है

विक्रम जीत के पिता बलजिंदर सिंह ने कहा कि उन्हें अपने बेटे की शहादत पर गर्व है उनका द्रसरा बेटा भी सेना में है